मुख्यमंत्री ने गुरूग्राम व फरीदाबाद के वायुमंडल को साफ करने के लिए दो परियोजनाओं की शुरूआत की

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ग्रुग्राम को देश का स्मार्टेस्ट सिटी बनाने की घोषणा की है उन्होंने मानेसर में अलग से नया नगर निगम बनाने तथा इस क्षेत्र में न्यू गुरुग्राम शहर विकसित करने के प्रस्ताव का सुझाव दिया म्ख्यमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ग्रुग्राम में एयर केयर व ग्रुग्राम महरौली मार्ग पर ग्रुग्राम के प्रवेश मार्ग के सौंदर्यकरण की दो परियोजनाओं के लोकार्पण अवसर पर सम्बोधित कर रहे थे म्ख्यमंत्री ने कहा कि ग्रुग्राम व फरीदाबाद महानगर के लिए अलग से महानगर विकास प्राधिकरण पहले ही गठित किए जा चुके हैं इन शहरों में वायु प्रदूषण हम सब के लिए एक चिंता का विषय है और इसी को देखते हुए वाय् को साफ करने के लिए आज दो एयर केयर योजनाओं की श्रुआत की गई है म्ख्यमंत्री ने कहा कि ग्रुग्राम व फरीदाबाद के साथ साथ करनाल को भी स्मार्ट सिटी परियोजना में शामिल किया गया है

कलेक्टर दरों का अंतिम प्रकाशन मार्च तक किया जाएगा राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्त आय्क्त श्री संजीव कौशल ने बताया कि दिशा निर्देशों के अन्सार तहसील और उप तहसील में प्रत्येक कॉलोनी या क्षेत्र के कलेक्टर दरों का आंकलन करने के लिए एक समिति बनाई जाएगी ये समिति गैर सरकारी लोगों से परामर्श लेगी जो संबंधित क्षेत्रों में संपत्ति की बाजार दरों के बारे में जानकारी रखते हों समिति सर्वे करेगी और कलेक्टर दरों की एक तर्कसंगत गणना करेंगे उपायुक्त किसी वरिष्ठ अधिकारी को जिला नोडल अधिकारी नामित कर सकते हैं ये अधिकारी सभी तहसील स्तरीय समितियों द्वारा मुल्यांकन की गई दरों को एकत्र करने और सभी क्षेत्रों के कलेक्टर दरों का प्रस्ताव उपाय्क्तों को देने के लिए जिम्मेदार होगा

याद रखें मास्क और दो गज की द्री बार बार हाथ धोना भी है जरूरी त्यौहारों के मौसम में खुद सचेत रहे और दूसरों को भी सचेत करें कोरोना उचित व्यवहार का पालन करें यह आपकी सामाजिक जिम्मेदारी भी है उप राष्ट्रपति एम वैकेंया नायड् ने वीडियो कांफ्रेस के माध्यम आज दूसरे राष्ट्रीय जल प्रस्कार प्रदान किये उप राष्ट्रपति ने कहा कि जल एक द्लर्भ प्राकृतिक संसाधन है जो जीवन का आधार खाद्य स्रक्षा और सतत विकास के लिए आवश्यक है कई टवीट कर श्री नायड् ने कहा कि यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस समिति बहमूल्य संसाधन को बचाने के लिए हर संभव कदम उठायें उन्होंने सर्वोतम राज्य प्रस्कार हासिल करने पर तमिलनाड् को श्भकामनायें दी केन्द्र सरकार ने उज्जवला गैस एजेंसी नाम की उस वेबसाइट को जाली करार दिया है जो सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों की ओर से रसोई गैस बांटने का दावा करती है

हरियाणा के खेल एवं य्वा मामले राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह ने कहा है कि खेलो इंडिया खेलों में भाग लेने वाले खिलाडियों की वास्तविक आय् जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से सभी जिलों में बोन डेंसटी टेस्ट की व्यवस्था करवाई जायेगी ताकि आय् से संबंधित किसी प्रकार की शिकायतें प्राप्त न हों खेलमंत्री विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में सम्बोधित कर रहे थे

जिसके लिए उच्च स्तरीय कमेटियों का गठन किया जाएगा बैठक में राज्य मंत्री ने खेलों के लिए आवश्यक खेल संरचनाओं की उपलब्धता एवं आवश्यकता की सूचियां तैयार करने प्रम्ख आयोजन स्थलों पर खिलाडियों के लिए उच्च स्तरीय जिम स्थापित करने स्कोर बोर्ड संचालन करने की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए उन्होंने कहा कि हॉकी जैसी क्छ खेलो का आयोजन चण्डीगढ़ में भी किया जा सकता है जिसके लिए खेल विभाग ट्राई सिटी के खेल इंफ्रास्टक्चर व रहने की व्यवस्था की जियो मैपिंग जल्द करवाई जाए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार खिलाडियों के लिए सर्वागीण विकास के लिए कार्य कर रही है ताकि खिलाड़ी राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने देश का नाम रोशन कर सकें दार्जलिंग में शहीद हये भिवानी जिले के भारत तिब्बत सीमा प्लिस के जवान पवन क्मार को उनके पैतृक गांव दिनोद में सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई भिवानी महेन्द्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद धर्मबीर सिंह भी दिनोद पहुंचे और शहीद को नमन किया गांव में प्रवेश करने के साथ ही शहीद पवन क्मार की पार्थिव देह पर फूल बरसाकर ग्रामीणों उन्हें नमन किया दिल्ली के छावला कैंप ले आई बीएसएफ की ट्कडी ने शस्त्र उलटे कर व हवा में गोली दागकर शहीद को सलामी दी